इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों से पृथ्वी एवं पर्यावरण की रक्षा करने का आग्रह किया है राष्ट्रपति श्री कोविंद ने ट्यूटर पर लिखा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपनी प्रतिबद्वता दहराते हैं कि पथ्यी को स्वच्छता और सतत बनायेंगी प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति की परम्परा है उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन ने निपटने और भावी पीढ़ियों को हरित इको फेन्डली पर्योवास देने के लिए प्रतिबंद है श्री नायडू ने ट्वीट में कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ऊर्जा पानी की बचत कर के डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उपयोग को कम कर के पुनः इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को बढ़ावा देने पौधे लगाने और जीवाम ईंधन पर अपनी निर्मरता को कम कर के प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि हम सभी अपने ग्रह और पर्यावरण बहुत सजोर्ते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम एक स्वच्छ ग्रह सुनिरिचत करने के लिए अपनी प्रतिबद्वता को दहराते हैं उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सौहार्द के साथ रहने से भविष्य उज्जवल होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भूमि मेरी मॉ है और मैं उसका पुत्र हूँ दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में एक पौधा लगाया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने और ताजी हवा लेने के लिए लोगों को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए पर्यावरण मंत्री ने देश के राजमार्गों के किनारे सवा सौ करोड़ क्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी के फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को आठ पौधे लगाने चाहिए पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी लोगों से पौधे लगाने और आज तथा प्रतिदिन अन्य लोगों को पौघारोपण के लिए प्रेरित करने को कहा इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में पौधे लगाए इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे ईद उल फित्र का पर्व आज देश और प्रदेश भर में हर्ष और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को ईद की बधाई दी है राष्ट्रपति ने कहा कि रमजान के पावन महीने के समापन पर मनाई जाने वाली ईद परोपकार करूणा और भाईचारे में हमारा विश्वास बढ़ाती है उप राष्ट्रपति एम ेंकैया नायड ने अपने संदेश में कहा कि ईद मिलजुल कर प्रेम और खुशियां बांटने का त्यौहार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ईद का यह त्योहार समाज में साम्प्रदायिक सदभाव करूणा और शांति बढ़ाने में सहायक होगा लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में जाकर आज ईद की विशेष नमाज अदा की तथा एक दूसरे से गले मिलकर पर्व की बधाई दी विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गयी सभी मस्जिदों और ईदगाहों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये थे इसके अलावा साफ सफाई और रौशनी की भी व्यवस्था की गयी थी राज्यपाल राम नाईक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में ईदगाह जाकर लोगों को ईद की बघाई दी कानपुर इलाहाबाद वाराणसी बरेली मुरादाबाद मुजफ्फरनगर मथुरा और गोरखपुर सहित प्रदेश में सभी स्थानों पर आज ईद का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाए जाने की खबर है सुबह ईद की विशेष नमाज के बाद लोग एक दूसरे के घर जाकर पर्व की बधाई दे रहे हैं राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद पर्व की हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि खुशियों का यह त्योहार मेल मिलाप का पैगाम लेकर आता है यह सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ साथ आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है सातवीं आर्थिक गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि जून के अंत या जूलाई के शुरू में पूरे देश में गणना का कार्य शुरू हो जाएगा केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्व तरीके से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा आर्थिक गणना के इस विशाल कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की पूरी गणना की जाती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नौ से सोलह जुलाई के बीच भारत के दूसरे अंतरिक्ष यान चन्द्रयान दो को चांद पर मेजेगा उम्मीद है कि ये चन्द्रयान छः सितम्बर को चन्द्रमा पर पहुंच जाएगा इसरो के सूत्रो ने पुष्टि की है कि जीएसएलवी मार्क तीन श्रीहरिकोटा से चन्द्रयान दो का प्रक्षेपण करेगा इसरो ने बताया है कि चन्द्रमा मिशन के सभी तीन मॉड्यूल ऑरबिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान प्रक्षेपण के लिए तैयार हैं